उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने केन्द्र के समक्ष अनुदान बढ़ाने का मामला उठाया था

जयराम ठाकुर ने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए उपयोग की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षो में केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल के लिए करोड़ों रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने देश में संक्रमण रोकने के कई अन्य उपाय किये हैं राज्यसभा में उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस का कोई संक्रमण नहीं मिला है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव रोकथाम की तैयारियों पर लगातार नजर रख रहे हैं महेन्द्र सिंह जलशक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर में मशरूम विकास केन्द्र इंडो इजराईल उत्कृष्ठता केन्द्र और ब्यास नदी के तटीकरण व विभिन्न जलस्रोतों के एकीकरण कार्य का शिलान्यास किया

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कई कदम उठा रही है वे आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के रंझु में पथ परिवहन निगम की बस सेवा धर्मशाला बददी वाया रंज़ु बछवाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सुविधा होगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना बीहडू राष्ट्रीय राजमार्ग में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ऊना जिला के थानाकलां में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक में उन्होंने इस सड़क के निर्माण कार्य की समीक्षा की वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा कोलर इलाके में दो सड़कों का शिलान्यास किया

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज से कुछ राहत मिलेगी विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जताई कि सरकार इसे प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च करेगी शिल्प मेला सूरजकुंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल सहित पर्यटन सूचना केन्द्र में आज पर्यटकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे जानकारी हासिल की इस दौरान पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत होमस्टे के बारे में भी बताया जा रहा है

विवेक चंदेल सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने कहा है कि खेती के कार्य में आने वाली पैसों की कमी को देखते हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा आज सोलन में एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान कम ब्याज दरों पर ऋण ले सकते हैं